इनमें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में चार सौ तीस बिस्तर वाला सरकारी सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल और चौहत्तर बिस्तर वाला मनोरोगी अस्पताल शामिल हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी तिरसठ फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे यह देश में दीन दयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा है श्री मोदी वीडियो लिंक के जरिए आई आर सी टी सी की महाकाल एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे यह रेलगाड़ी तीन ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों वाराणसी उज्जैन और ओमकारेश्वर को जोडेगी प्रधानमंत्री श्री जगतगुरू विश्वाराध्य गुरूकल के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री वीर शैवम शैव सम्प्रदाय की श्री सिद्वांत शिखा मणि पुस्तक का भी लोकार्पण करेंगे

लोकार्पण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने भू जल के गिरते स्तर पर चिन्ता जताई और कहा कि लोगों को इसके बारे में सोचना होगा अगर यह स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा मुख्यमंत्री ने लोगों से जल संचय के प्रति जागरूक रहने की अपील की गंगा सफाई अभियान की चर्चा करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से गंगा का पानी अब सिर्फ आचमन ही नही बल्कि नहाने योग्य भी हो गया है उन्होंने कहा कि गंगा की तरह ही गोमती नदी की सफाई की जिम्मेदारी भी सभी को निभानी होगी नदियां साफ होंगी तो लोग बीमारी से दूर रह सकेंगे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं इसमें तीस लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं दसवीं की परीक्षा बीस मार्च और बारहवीं कक्षा की परीक्षा तीस मार्च को सम्पन्न होगी बारह लाख से अधिक विद्यार्थी बारहवीं की जबकि अट्ठारह लाख से अधिक विद्यार्थी दसवीं की परीक्षा दे रहे हैं प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा है कि बीते तीन वर्ष में प्रदेश में अट्ठासी हजार करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया गया है इसके अलावा प्रदेश में अटठारह चीनी मिलें भी चालू की गयी हैं गन्ना मंत्री आज मुरादाबाद में गन्ना अधिकारियों और मिल प्रबंधकों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों का विकास सरकार का एजेंडा है उन्होंने बताया कि मुरादाबाद के बिलारी में गन्ना शोध संस्थान बनेगा जिससे प्रदेश भर के किसानों को लाभ होगा

एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम के इस अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्य एक दूसरे की संस्कृति परम्पराओं और विरासत को साझा करते हैं इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबद्व राज्य मेघालय के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पिछल दिनों मेघालय राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया इस दिन छात्र छात्राओं को मेघालय की संस्कृति लोककला और वहां की भाषा के बारे में विस्तार से बताया गया छात्रों ने भी गीत संगीत के जरिए मेघालय की संस्कृति को सबके सामने प्रस्तत किया विश्वविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नोडल अधिकारी प्रोफेसर नवीन अरोडा ने कहा इसी दिन हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की भी स्थापना करी जिसमें विश्वविद्यालय के फैकल्टी और छात्र छात्राओं ने मेम्बरशिप ली हर वीक हम ईवीएसवी क्लब डे मनाते हैं और हर मंथ हम कई सारी एक्टिविटीज एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए हम करते हैं आदित्य श्क्ला आकाशवाणी समाचार गोरखप्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं